श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय हों इनसे गरीब को सुविधा तो मिल ही रही है बल्कि ये रोजगार और सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आवासों में निर्माण सामग्री से लेकर निर्माण तक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध और उपयोग होने वाले सामानों को प्राथमिकता दी जा रही है

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सात सौ उनतालिस नए मामले सामने आए हैं

देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसल के बुवाई क्षेत्र में करीब उनसठ लाख हेक्टेयर की वृद्वि हई है क्रषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसल के बुआई क्षेत्र में यह रिकार्ड वृद्वि है

इस वर्ष चार सौ दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में धान की बुआई हुई

अस्सी नई स्पेशल यात्री रेलगाड़ियां आज से चालू हो जाएंगी ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी इनके लिये बुकिंग इस महीने की दस तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा तीस स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी बीकानेर जिले के श्रीड्ंगरगढ़ के पास आज एक सड़क हादसे में सेना के दो अधिकारियों की मौत हो गई ये हादसा सेरूणा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक गाय के आ जाने से हुआ हादसे में सेना के दो जवान भी घायल हो गए जिनका ट्रोमा सेंटर में उपचार किया रहा है प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है बारिश में कमी के चलते कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

इस बीच मौसम विभाग ने आज जोधपुर उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर कोटा संभागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है